मंत्रिमंडल निर्णय राज्य सरकार ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी पांच दिन आगे बढ़ा दी है अब बीस फरवरी तक समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जाएगी पहले धान खरीदी की अंतिम तिथि पंद्रह फरवरी निर्धारित की गई थी यह फैसला कल देर शाम रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया मंत्रिमंडल ने नई आबकारी नीति को भी मंजूरी दे दी है इसके तहत राज्य के उनचास बीयर बार को बंद करने के साथ ही हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि नागरिक सेवाओं को घर तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना प्रारंभ किए जाने का फैसला किया गया यह योजना अगस्त माह से लागू की जाएगी पहले चरण में प्रदेश के सभी नगर निगमों में शासकीय सेवाओं की घर पहुंच सेवा शुरू की जाएगी इसके तहत सौ सेवाओं का लाभ लोगों को मिलेगा

एक भारत श्रेष्ठ भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत विविधता में भारत की एकता को दर्शाने वाला एक अनूठा कार्यक्रम है इसका उद्देश्य देश के लोगों में पारंपरिक भावनात्मक बंधन के ताने बाने को मजबूत करना भी है केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय कल से अट्ठारह दिन के एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान का आयोजन देशभर में करेगा यह अभियान अट्ठाईस फरवरी तक चलेगा इस कार्यक्रम के तहत देश के सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के बीच गहरा सामंजस्य स्थापित कर राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा दिया जाता है अभियान के दौरान छत्तीस राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों की संस्कृति खानपान शिल्प और परंपराओं को दर्शाया जाएगा ताकि लोगों में देश की विविधता के प्रति बेहतर समझ पैदा हो और लोगों में साझा पहचान की भावना मजबूत हो इसका उद्देश्य एक ऐसा माहौल उपलब्ध कराना है जिसमें सभी राज्य सर्वोत्तम कार्यशैलियों और अनुभवों से सीख ले सकें इस अभियान के लिए राज्यों की जोड़ी केन्द्रशासित प्रदेशों के साथ बनाई गई है मनरेगा छत्तीसगढ़ ई गर्वनेंस छत्तीसगढ़ ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा में जरूरतमंद परिवारों को सौ दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में पूरे देश में दूसरा स्थान हासिल किया है चालू वित्तीय वर्ष में प्रदेश में अब तक दो लाख अट्ठाईस हजार से अधिक मनरेगा जॉब कार्डधारी परिवारों को सौ दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया गया है वहीं ई गर्वनेंस प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को सेवाएं उपलब्ध कराने के मामले में छत्तीसगढ़ शीर्ष राज्यों की श्रेणी में शामिल हो गया है एक सर्वेक्षण में राष्ट्रीय ई गर्वनेंस सर्विस डिलीवरी एसेसमेंट एनईएसडीए में छत्तीसगढ़ को शीर्ष छह राज्यों की सूची में शामिल किया गया है

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में गौरेला पेण्डा मरवाही जिले की घोषणा की थी नवगठित जिले में तीन तहसील और तीन विकासखण्ड गौरेला पेण्ड्रा तथा मरवाही शामिल होंगे इनमें एक सौ छियासठ ग्राम पंचायतें दो सौ बाईस गांव और दो नगर पंचायत गौरेला तथा पेण्ड्रा समाहित होंगी लोकवाणी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अभिभावकों से कहा है कि वे परीक्षा में उच्च अंक लाने बच्चों पर दबाव न डालें बल्कि तैयारियों में उनकी मदद करें श्री बघेल आज मासिक रेडियो वार्ता कार्यक्रम लोकवाणी की सातवीं कड़ी में परीक्षा प्रबंधन और युवा करियर विषय पर विद्यार्थियों से बातचीत कर रहे थे मुख्यमंत्री ने बच्चों से कहा कि वे समय का पूरा सदुपयोग करें मेरा आप लोगों को सुझाव है कि परीक्षा के समय बिलकुल ट्वेन्टी ट्वेन्टी मैच के प्लेयर की तरह व्यवहार कीजिए जो समय बीत गया उसके बारे में मत सोचिए

बातों बातों में श्रोताओं समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में इस बार कोरोना वायरस पर आधारित रहेगा कोरोना वायरस क्या है यह कितना घातक है और इससे बचाव के लिए क्या एहतियात बरतनी चाहिए इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आकाशवाणी समाचार ने बात की छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में उप संचालक डॉक्टर धर्मेन्द गहवाई से इस बातचीत का प्रसारण आज रात साढ़े आठ बजे आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से किया जाएगा इसे प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे

वे तिरानवे वर्ष के थे श्री पांडेय को आज रायपूर के मरवाड़ी श्मशान घाट में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वन मंत्री मोहम्मद अकबर नगरीय प्रशासन मंत्री शिवक्मार डहरिया सहित अनेक जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे मुख्यमंत्री ने श्री पांडेय को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि आज भारत माता ने अपना एक महान सपूत खोया है श्री पांडेय राष्ट्रीय आंदोलन में बाल्यकाल से ही जुड़े थे और उन्हें जेल की यात्रा करनी पड़ी थी श्री बघेल ने कहा कि उनका निधन पूरे राज्य देश और उनके लिए व्यक्तिगत क्षति है

इस मौके पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरु रविदास का स्मरण किया है श्री कोविंद ने कहा कि गुरु रविदास ने शांति एकता और भाईचारे का संदेश दिया वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरु रविदास ने समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए समानता और भाईचारे पर बल दिया जो आज भी प्रासंगिक हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविदास जी की जयंती पर उन्हें नमन किया है मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि संत रविदास ने सामाजिक बुराईयों को दूर कर समाज में एकता और भाईचारा स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया राजिम पुन्नी मेला छत्तीसगढ़ के प्रयाग के नाम से प्रसिद्ध राजिम में आज से माधी पुन्नी मेला शुरू हो गया है महानदी पैरी और सोंदूर के त्रिवेणी संगम में आज सुबह हजारों की संख्या में श्रद्दालुओं ने पवित्र स्नान किया मेले का श्भारंभ अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कार्यक्रम की अध्यक्षता धर्मस्व मंत्री ताम्रध्वज साहू करेंगे संत समागम का आयोजन पंद्रह से इक्कीस फरवरी तक किया जाएगा माधी पुन्नी मेले का समापन इक्कीस फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन होगा इसी तरह राजधानी रायपुर के पास खारून नदी के किनारे स्थित महादेवघाट जांजगीर चांपा जिले के शिवरीनारायण और बालोद जिले के चौरेला गौरैयाधाम में माघी पुन्नी के अवसर पर मेला शुरू हो गया है शिवरीनारायण में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास मंहत ने दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का शुभारंभ किया वहीं मुंगेली जिले के नूनियाकछार में आज से तीन दिवसीय बगदाई मेला उत्सव शुरू हो गया है इसके तहत प्रजन मानस प्रतियोगिता छात्र छात्राओं का सम्मान और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे उधर सिरपुर में माघ पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित सिरपुर महोत्सव का शुभारंभ संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने किया उन्होंने घोषणा की कि अब सिरपुर महोत्सव तीन दिनों तक चलेगा महोत्सव के दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह चौथा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह राजधानी रायपुर में कल से शुरू होगा समारोह का शुभारंभ सुप्रसिद्ध फिल्मकार सुधीर मिश्रा और स्वानंद किरकिरे करेंगे समारोह की शुरूआत अर्जेंटीना के निदेशक पाब्लो सेजार की फिल्म थिंकिंग ऑफ हिम से होगी यह समारोह चौदह फरवरी तक चलेगा सुपोषण वाटिका कोंडागांव कोंडागांव जिले के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में सुपोषण वाटिका के लिए स्थान संरक्षित कर बच्चों के लिए फल सब्जी आदि लगाए जाएंगे यह बात महिला और बाल विकास विभाग के सचिव सिद्दार्थ कोमल सिंह परदेशी ने मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की प्रगति की समीक्षा के दौरान कही संक्षिप्त समाचार प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद आगामी चौदह फरवरी को सभी जिलों में जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा वहीं जिला पंचायतों का प्रथम सम्मेलन चौबीस फरवरी को आयोजित किया जाएगा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा दो हजार उन्नीस आज आयोजित की गई बीसवें अखिल भारतीय अंतर कृषि विश्वविद्यालय युवा महोत्सव कल से रायपूर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में शुरू हो गया है बारह फरवरी तक चलने वाले इस महोत्सव में देशभर के साठ कृषि विश्वविद्यालयों के करीब ढ़ाई हजार विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं बिलासपुर केंद्रीय जेल में कैदियों को कम्प्यूटर सिखाया जाएगा कलेक्टर डॉक्टर संजय अलंग ने आज जेल परिसर में कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र का लोकर्पण किया बिलासपुर में आयोजित राज्य स्तरीय इंस्पायर अवॉर्ड स्पर्धा में अट्ठाईस मॉडल का चयन राष्ट्रीय स्पर्धा के लिए किया गया है इनमें दुर्ग जिले के चार मॉडल भी शामिल हैं इन मॉडलों का प्रदर्शन नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्पर्धा में किया जाएगा